पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम का निधन राज्यपाल व मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक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

इनमें डाडासीबा स्वास्थ्य संस्थान गुम्मी व कोटला खड़ड पर पुल निर्माण और रिढ़ी कुरेड़ा उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण भी शामिल है इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र भी मौजूद रहे

जयराम ठाक्र ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रही है और सरकार के प्रयासों से काफी हद तक इसे रोकने में कामयाबी मिली है इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार हिमाचल को भरपूर वित्तीय मदद दे रही है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए निरीक्षण करवा दिया गया है और अगली बैठक में इसे मंजूर करवाने के प्रयास किए जाएंगे

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सत्र करवाने को लेकर मंजूरी दे दी है और इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है सत्र के दौरान सदन की कुल पांच बैठकें होंगी विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शीतकालीन सत्र में विशेष प्रबंध किए जाएंगे परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि जलजीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को शद्द पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है

तुलसी राम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसी राम का बीती रात कांगड़ा जिले के पालमपुर में निधन हो गया

पंडित तुलसी राम का आज भरमौर में उनके पैतुक गांव में अंतिम संस्कार किया गया वन मंत्री राकेश पठाानिया विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने भी उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पंडित तुलसीराम के निधन पर गहरा शोक जताया है राज्यपाल ने उन्हें एक महान नेता बताया जिन्होंने भरमौर और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित तुलसी राम ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सांसद किशन कपूर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और अन्य नेताओं ने पंडित तुलसी राम के निधन पर शोक जाताया है हींग राज्य सरकार ने हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना शुरू की है कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि मंडी चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र हींग व केसर की खेती के लिए अनुकूल पाए गए है लाहौल स्पीति के कोरिंग गांव में हींग का पहला पौधा रोपित किया गया है

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और सरकार ने कृषि अधिकारियों को सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं

लाला लाजपतराय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपतराय की आज पुण्य तिथि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किए इस मौके पर देशभक्ति पर आधारित भजन भी गाए गए बर्फ अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है सीमा सड़क संगठन व प्रशासन द्वारा इसके लिए भारी मशीनरी लगाई गई है लाहौल स्पिति के उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि सर्दी के मौसम में अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे और टनल के दोनों मुहानों तक बर्फ को युद्ध स्तर पर हटाया जाएगा

इस दुर्घटना में गैहरा गांव की बीना और उनकी बेटी रंजना की मौत हो गई जबकि दो बेटे व एक बेटी घायल है घायलों को चंबा मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्जे के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है शिमला में आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी राज्य में विकराल रूप धारण कर चुकी है और सरकार को इस संकमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए

एक ट्वीट में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है

एबीवीपी डॉक्टर सुनील ठाकुर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष और विशाल वर्मा को प्रदेश मंत्री चुना गया है